प्रधानमंत्री ने टवीट संदेश में कहा कि छोटे व्यवसायियों और दकानदारों ने पूर्णबंदी के दौरान व्यवस्था बनाये रखने में महत्वपूर्ण सहयोग किया है उन्होंने कहा कि कुछ वर्गो की सकारात्मक भूमिका के कारण ही पूर्णबंदी सफलता से लागू की जा रही है श्री मोदी ने कहा कि यह सोचना भी कठिन है कि यदि छोटे व्यवसायियों और द्कानदारों ने जान जोखिम में डालकर लोगों को आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध नहीं कराई होती तो स्थिति क्या होतीं प्रधानमंत्री ने कहा कि देश राष्ट्र के प्रति दुकानदारों की सेवा हमेशा याद रखेगा कोरोना गृह मंत्रालय दिशा निर्देश केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में पूर्णबंदी के संशोधित दिशा निर्देशों को बिना कोई बदलाव किए कड़ाई से पालन करने का आग्रह किया है राज्यों को लिखे पत्र में मंत्रालय ने कहा है कि कृष्ठ राज्य ऐसी गतिविधियों की अनुमति दे रहे हैं जो गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अंतर्गत स्वीकृत नहीं है गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि पूर्णबंदी के दिशा निर्देशों के उल्लंघन की खबरें मिली हैं जिनसे कोरोना वायरस का फैलाव हो सकता है और जो जन स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह भी बताया कि केन्द्र ने फंसे हुए प्रवासी मजदूरों की आवाजाही के लिए निर्घारित प्रक्रियाए निर्देशित की हैं और मजदूरों के कल्याण पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए उन्हें राहत शिविरों में बेहतर किस्म का भोजन मिलना चाहिए प्रवक्ता ने कहा कि राज्यों को चिकित्सा दलों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए वहीं केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस की स्थिति का मौके पर आंकलन और निवारण के लिए राज्य अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने और इसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपने के लिए छह अंतर मंत्रालय दल गठित किए हैं कोरोना स्वास्थ्य मंत्रालय सलाह केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने सभी कर्मचारियों को सलाह दी है कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए आज से अपने कार्यालय में समी ऐहतियाती कदम उठाएं मंत्रालय ने कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि अपने चेहरे को मास्क से ढके और जो कर्मचारी अधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों में रहते हैं उन्हें आवागमन के लिए राज्य सरकार के निर्देशों का पालन करना चाहिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी निर्देश दिया है कि सभी बैठकें केवल वीडियों कान्फ्रेंसिंग के जरिए होंगी

हालांकि राजधानी रायपुर में अभी छूट के लिए लोगों को इंतजार करना होगा मुख्यमंत्री भूर्पेश बघेल ने कल शाम प्रदेश के नाम संदेश में कहा था कि लॉकडाउन में छट देने के लिए राज्य सरकार विचार कर रही है मुख्यमंत्री के संबोधन के एक दिन बाद प्रदेश के अलग अलग जिलों से छूट के मद्देनजर आदेश जारी होना शुरू हो गया है राज्य सरकार ने कलेक्टरों को इसके लिए अधिकृत किया है कि वे अपने जिलों की परिस्थिति और सुविधाओं के अनुरूप फैसला लें राज्य सरकार के इस निर्देश के बाद सभी जिलों में कलेक्टर की तरफ से आदेश जारी होना शुरू हो गया है अब तक बस्तर नारायणपुर दुर्ग सहित कई जिलों ने आदेश जारी भी कर दिया है इन आदेशों में गह मंत्रालय की तरफ से जारी गाइडलाइन के मुताबिक छट दी गयी है दर्ग में मिठाई दकान खुलेगी लेकिन वहां सिर्फ दूध से बने सामान की विक्री की ही इजाजत होगी

कलेक्टर की तरफ से छूट के निर्देश के साथ इस बात की सख्त हिदायत दी गई है कि जिन दुकानों को खोलने की इजाजत दी जाएगी वहां साफ सफाई का प्ररा ख्याल रखा जायेगा वहीं दुकान के बाहर हाथ धोने का सामान और सेनेटाइजर को अनिवार्य रूप से रखना होगा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और एक ही वक्त में ज्यादा लोगों की भीड जुटने नहीं दी जाएगी इधर जगदलपुर में भी आज से लॉकडाउन में शिथिलीकरण किया गया है इसके तहत अस्पताल कृषि से संबंधित गतिविधिया बैंक एटीएम और डाकघर के संचालन की अनुमति दी गई है कलेक्टर डॉक्टर अय्याज तंबोली ने कहा है कि लॉकडाउन अवधि बस्तर जिले में तीन मई तक जारी रहेगी कोरोना हाईकोर्ट लैब टेस्टिंग छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कोरोना संक्रमण की जांच के लिए बिलासपुर में टेस्टिंग लैब स्थापित किए जाने के मामले को लेकर राज्य और केन्द्र सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई है कोर्ट ने इस मामले में कल जवाब प्रस्तूत करने को कहा है न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्रा और न्यायमूर्ति गौदम भादुड़ी की युगल पीठ ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस मामले की सुनवाई की शासन की ओर से बताया गया कि लैब स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है शासन के जवाब से असंतृष्ट कोर्ट ने कहा कि विश्वव्यापी महामारी से संबंधित मुद्दे पर सरकार की यह धीमी कार्यवाही अफसोसजनक है

गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में राज्य शासन को बिलासपुर में कोरोना टेस्टिंग लैब की कार्रवाई तीन दिन के भीतर पूरी करने और केन्द्र सरकार को अगले तीन दिन के भीतर सभी क्लीयरेंस देने का निर्देश दिया था कोरोना राज्यपाल राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा है कि प्रदेश में अधिकारियों और कर्मचारियों के समन्वित प्रयासों से कोरोना वायरस का संक्रमण नियंत्रित है उन्होंने इसके लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई देने के साथ उनकी हौसला अफजाई की राज्यपाल ने आज मुख्य सचिव आरपी मंडल स्वास्थ्य विमाग की सचिव निहारिका बारिक खाद्य विमाग के सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह और रायपुर कलेक्टर एस भारतीदासन से दुरमाष पर चर्चा की इस दौरान उन्होंने कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ भें सभी के प्रयास से बेहतर कार्य हो रहे हैं और कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव में सफलता मिल रही है उन्होंने विश्वास जताया कि समी लोगों के समन्वित प्रयासों से शीघ्र ही प्रदेश कोरोना मुक्त होगा

मुख्यमंत्री सहायता कोष से जारी कल सात करोड़ रूपये की यह राशि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए आवश्यक संसाधन सामग्री और राहत कार्यों के लिए खर्च की जाएगी गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने इससे पहले राज्य के ग्यारह जिलों को बीस बीस लाख रूपये की राशि जारी की थी इनमें कोरबा बिलासपुर रायपुर दुर्ग रायगढ़ बलौदाबाजार राजनांदगांव बलरामपुर मुंगेली कोरिया और कबीरघाम जिले शामिल थे कोरोना फल सब्जी ऑनलाइन लॉकडाउन के दौरान लोगों को उनके घरों तक सब्जी और फलों जैसे जरूरत की चीजें पहंचाने के लिए राज्य सरकार ने वेबसाइट सीजी हाट डॉट इन शरू की है यह सुविधा रायपुर और बिलासपुर नगर में शरू हो गई है जो वेंडर इस पोर्टल के माध्यम से सेवा देना चाहते हैं वे इस पर ऑनलाइन पंजीयन कर सकते हैं स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला ने बताया कि वेबसाइट के लॉन्च होने के बाद अब तक सत्ताईस शहरों में आठ हजार से अधिक ग्राहकों एक हजार से अधिक विक्रेताओं और लगभग दो सौ डिलीवरी करने वालों ने इस वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीयन कराया है इस वेबसाइट पर उनतालीस तरह के फल और तिरसठ तरह की सब्जियां उपलब्ध हैं

राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने अंबिकापुर जिले में बिना पहचान पत्र के फंसे मजदूरों और कामगारों को राशन उपलब्ध कराने के लिए कलेक्टर सारांश मित्तर को पत्र लिखा है श्री नेताम ने अपने पत्र में कहा है कि राज्य शासन की ओर से अधिकारियों को हर घर तक राशन पहंचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है लेकिन अंबिकापुर नगर निगम की ओर से इन मजदूरों को राशन मुहैया नहीं कराया जा रहा है उन्होंने कहा कि इन मजद्रों को इस कठिन समय में राशन उपलब्ध कराना अत्यंत आवश्यक है वहीं बलरामपुर रामानुजगंज जिले में कलेक्टर संजीव कुमार झा ने जिलेवासियों से डोनेशन ऑन व्हील्स में सामग्री प्रदान करने की अपील की है उन्होंने पुलिस अधीक्षक के साथ रामानुजगंज में ठहराए गए छह राज्यों के तीस लोगों को राहत सामग्री प्रदान की वहीं इसी जिले में राष्ट्रीय सेवा ैयोजना के यूवाओं ने गांव गांव जाकर वॉल पेंटिंग के माध्यम से कोरोना से बचाव का संदेश दे रहे हैं इसी तरह सूरजपुर जिले में कलेक्टर दीपक सोनी ने कोरोना की रोकथाम के लिए कोटवारों द्वारा आम लोगों को गांव में ही रहकर काम करने के लिए कहा है इस बीच कोरिया जिले में कलेक्टर डोमन सिंह ने भरतपुर अनाज बैंक और अंतर्राज्ज्यीय बैरियर चांटी का निरीक्षण किया इस दौरान उन्होंने ग्राम पंचायत पतवाही और चांटी में अनाज बैंकों में जमा किए गए राशन को जरूरतमंद लोगों में बांटा इधर दर्ग जिले में लॉकडाउन के दौरान ताजे फल और सब्जी की घर पहंच सेवा के लिए चिप्स द्वारा बनाए गए वेबपोर्टल का प्रयोग किया जा सकता है इस सुविधा का लाम लेने के ॅलिए हेल्पलाइन नंबर एक शून्य सात सात पर संपर्क किया जा सकता है यह नंबर सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक सक्रिय रहेगा वहीं राजनांदगांव में कलेक्टर जेपी मौर्य ने शहर के गडांख लाइन और गोलबाजार क्षेत्र की आवश्यक वस्तओं की द्रकानों को सुबह सात बजे से दोपहर बारह बजे तक खोले जाने की सशर्त अनुमति दी है उन्होंने आदेश जारी कर कहा है कि दुकानदारों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते पाए जाने पर दंडात्मक कार्रवाई के साथ दकान को भी सील करने की कार्रवाई की जाएगी इस बीच कलेक्टर ने आज जिले के उद्यमियों की बैठक ली और कहा कि प्रशासनिक टीम द्वारा औद्योगिक इकाईयों निरीक्षण के बाद ही कार्य शरू करने की अनुमति दी जाएगी उन्होंने सभी उद्यमियों से निरीक्षण के दौरान औद्योगिक परिसर में आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए वहीं महापौर हेमा देशमुख ने आज शहर के विभिन्न इलाकों में दूसरे जिलों से आए मजदूर परिवारों को छोटे बच्चों के लिए दुध और केले का वितरण किया इसी जिले के ग्राम इंदामरा में छात्र युवा मंच के सदस्यों ने घर घर जाकर मास्क का वितरण किया इसी तरह राजनादगांव के भरेगांव में लॉकडाउन के दौरान नियमों का पालन नहीं करने वालों पर ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही है उधर रायगढ़ में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा ने लॉकडाउन के बाद रूपये की निकासी से होने वाली परेशानियों से निजात दिलाने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत आने वाले ग्राहकों के लिए चलित एटीएम वैन की सुविधा प्रारंभ की है केन्द्र जन धन योजना लॉकडाउन के दौरान लोगों की परेशानियों को कम करने के लिए केन्द्र सरकार उन्हें अनेक सुविधाएं उपलब्ध करा रही हैं छत्तीसगढ में अनेक गरीब परिवार जरूरतमंद और ग्रामीणजन केन्द्र सरकार के इन ं कदमों से लाभान्वित हए हैं सूरजपुर जिले के ग्राम सतपता की रहने वाली अनिता ने बताया कि उनके खाते में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत राशि आई है जिससे उन्हें काफी राहत मिली है

इससे उन्हें काफी राहत मिली है

कोरोना से जंग जनता के संग नाम के इस विशेष कार्यक्रम की छठवीं कड़ी कल सुबह साढ़े देस बजे से प्रसारित की जाएगी इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र सुबह साढे दस बर्जे एक साथ रिले करेंगे मुख्यमंत्री रोजगारोन्मुखी शिक्षा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रदेश में रोजगारोन्मुखी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आईटीआई और हायर र्सेकेण्डरी स्कूलो में समन्वय कर कक्षा ग्यारहवीं और बारहवीं में व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए उन्होंने कहा कि इससे कक्षा बारहवीं के छत्तीसगढ माध्यमिक शिक्षा मंडल के प्रमाण पत्र के साथ आईटीआई का प्रमाण पत्र भी मिलेगा जिससे बारहवीं उत्तीर्ण करने के बाद विद्यार्थियों को रोजगार मिलने में आसानी होगी मुख्यमंत्री ने इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग तथा तकनीकी शिक्षा विभाग को योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा है कि आईटीआई के समन्वय से स्कलों में व्यावसायिक पाठयक्रम की पढाई होने से विद्यार्थियों में उनके द्वारा चुने गए ट्रेड में कौशल का विकास हो सकेगा और उन्हें काम मिलने में आसानी होगी कोरोना लोकसभा अध्यक्ष बैठक लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला कल सुबह ग्यारह बजे राज्यों के विधानसभा अध्यक्षों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना वायरस के संक्रमण और उससे बचाव के लिए किए जा रहे उपायों तथा लॉकडाउन के दौरान विधायिका के क्रियाकलाप से संबंधित विषयों पर चर्चा करेंगे

संक्षिप्त समाचार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी छब्बीस अप्रैल को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों को साथ अपने विचार साझा करेंगे इस कार्यक्रम की यह चौसठवीं कड़ी होगी प्रधानमंत्री ने इस कड़ी के लिए लोगों से विषय सुझाने को कहा है हेमचंद यादव विश्वविद्यालय द्र्ग की वेबसाइट पर कला वाणिज्य और विज्ञान संकायों की स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं की लगभग पंचानवे वीडियो लेक्वर अपलोड किए गए हैं जांजगीर चांपा जिले के ग्राम घूठिया में आज अज्ञात लोगों ने सड़क पर सौ सौ रूपये के नोट फेंक दिए थे ग्रामीणों ने इसकी सूचना प्रशासन को दी तहसीलदार ने मौके पर पहुंचने के बाद रास्ते को सील कर दिया मेडिकल टीम गांव के लिए रवाना कर दी गई है कोरोना संकट की रोकथाम के लिए छत्तीसगढ़ हॉकी संघ भी आर्थिक मदद करेगा